सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

सागर कमिश्नर ने कहा कि बुन्देलखण्ड मेडीकल कॉलेज सागर में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है अनूपपुर कलेक्टर ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आम लोगों को जागरूक करने के लिहाज से नागरिकों एवं दुकानदारों से मास्क लगाए रखने की अपील की प्रदेश में अब होम आइसोलेशन की अनुमति देते समय एक होम आइसोलेशन किट उपलब्ध कराई जायेगी

वहीँ राज्य सरकार ने विभिन्न निजी अस्पतालों नर्सिंग होम्स डायग्नोस्टिक सेंटर आदि में कोरोना संबंधी जॉचों की दरें निर्धारित कर दी हैं

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नई क्लस्टर विकास नीति में उद्यमी अपने डिजाइन से शासकीय भूमि पर क्लस्टर बना सकेंगे साथ ही सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को अंतरराष्ट्रीय बाजार मिले इसके लिये ई एंड कॉमर्स पोर्टल से जोड़ने का काम भी चल रहा है

इस कार्यक्रम का प्रसारण सतना मुरैना गुना टीकमगढ़ सहित विभिन्न जिलों में भी किया गया

इस संशोधन का उद्देश्य संहिता के तहत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमियों के रूप में वर्गीकृत कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए वैकल्पिक दिवाला समाधान की रूपरेखा उपलब्ध कराना है प्रधानमंत्री टीका प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली के एम्स में कोविड का द्सरा टीका लगवाया प्रधानमंत्री ने आज ट्वीटर पर जानकारी दी कि उन्होंने एम्स में कोविड का दूसरा टीका लगवाया उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को पराजित करने के क्छ तरीकों में से एक टीकाकरण भी है प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि कोई टीका लगवाने का पात्र है तो उसे जल्द से जल्द टीका लगवाना चाहिए स्टेट बैंक गृह ऋण भारतीय स्टेट बैंक ने स्पष्ट किया कि बैंक ने घर खरीदने के लिए ऋण की ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है और महिला कर्जदार को दी जाने वाली विशेष रियायतें भी जारी हैं

आईपीएल आईपीएल ट्वेंटी ट्वेंटी क्रिकेट टूर्नामेंट कल से चेन्नई के चेपक स्टेडियम में शुरू हो रहा है आरंभिक मैच में मौजूदा चैंपियन मुम्बई इंडियन्स का सामना रॉयल चौलेंजर्स बेंगलौर से होगा

इसके मैच छह शहरों मुम्बई चेन्नई बेंगलुरू अहमदाबाद नई दिल्ली और कोलकाता में खेले जाएंगे

इस वर्ष भी कोविड की चुनौती के मद्देनजर इसे कडे सुरक्षा नियमों के तहत आयोजित किया जा रहा है

इस पोर्टल को शहद और अन्य मधु उत्पादों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए विकसित किया गया है

दोनों ही पार्टियां अपनी ओर से प्रचार में तेजी लाने का प्रयास कर रही हैं

जिले में कोरोनॉ के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है

नमस्कार